चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग और रेल मंत्री पियुश गोयल आज संयुक्त अरब अमीरात के दो दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं केन्द्रीय जल एवं उर्जा अनुसंधान के विशेषज्ञों द्वारा यमुनानगर के इथनीकुंड बैराज का जायजा लिया

पर्यावरण पर प्लास्टिक के दृष्प्रभाव को ध्यान में रखते हए उन्होंने राजनीतिक दलों से कहा कि वे प्रचार अभियान के दौरान प्लास्टिक का प्रयोग करने से परहेज करें

श्री अरोड़ा ने कहा कि दोनो राज्यों में तत्काल प्रभाव से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है

आदेशों में कहा गया है कि प्रकाशक को न केवल अपनी पहचान देनी होगी बल्कि हस्ताक्षर के साथ उन दो लोगों से सत्यापन भी कराना होगा जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हो अगर पंपलेट अथवा पोस्टर राज्य की राजधानी में छापा जाता है तो मुद्रक को एक तर्क संगत समय में छापे गए कागजात की प्रति मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजनी होगी पलवल के जिला निर्वाचन अधिकारी यशपाल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से स पन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से डिस्ट्रीक इलैक्शन मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है

फतेहाबाद के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में चुनाव एक पर्व है हम सभी को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार निष्पक्षता पारदर्शिता व शांतिपूर्ण तरीके से यह पर्व मनाना है उन्होंने कहा कि चुनाव को पारदर्शिता व बेहतर ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए विभिन्न प्रकार की टीमों का गठन कर दिया गया है उपायुक्त ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारी व कर्मचारियों को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें न केवल ईवीएम व बल्कि संपूर्ण चुनाव सामग्री का प्रशिक्षण दिया जाए रोहतक के जिला निर्वाचन अधिकारी आरएस वर्मा ने ऐसे मतदाताओं व क्षेत्र की पहचान करने के निर्देश दिए हैं जिन पर आसानी से दबाव बनाया जा सकता है

श्री वर्मा आज चुनाव को लेकर गठित की गई विभिन्न टीमों सेक्टर मजिस्ट्रेट व सेक्टर सुपरवाइजर के दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि भारत चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस बार चुनाव में इको फ्रेंडली प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाए

वे यहां दुबई की एक्पो साइट के ओपरच्निटी डिस्ट्रिक्त में भारत के चार मंजिला मंडप के नमूने का अनावरण करेंगे दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत विपुल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह मंडप भरत के समुद्ध इतिहास और संस्कृति के साथ ही दोनो देशों के बीच निकट संबंधों का प्रतीक होगा यह भवन भारत की प्रकृति पूजा को मूर्त रूप देने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल होगा

श्री गोयल निवेश पर सातवें भारत यूएई उच्च स्तरीय कार्यबल की बैठक में भी शामिल होंगे वे अक्तूबर निवेश प्राधिकरण को प्रबंध निदेशक शेख हमद बिन जायद अल नाहयान के साथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार दोनो पक्ष पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस खाद्य प्रसंस्करण नागरिक उड्डयन रेलवे अक्षय उर्जा आधारभूत ढांचे और निर्माण जैसे उन क्षेत्रों पर भी विचार विमर्श करेंगे जिनमें भारत संयुक्त अरब अमीरात से सक्रिय रूप से निवेश चाहता है आज केंद्रीय जल एवं उर्जा अनुसंधान पुने से आई विशेषों की टीम हथनीकुंड बैराज के नजदीक बाढ़ से हई क्षतिग्रस्त जगह का जायजा लिया टीम ने जिले के डक्षसचाई विभाग के अधिकारियों से नुकसान की पूरी जानकारी ली नहरी विभाग के एक्सईएन हरिदेव कंबोज ने बताया कि पूने से आई टीम र्मे नीना इसाक श्री प्रसाद कंजीर श्री पराग पाटिल श्री विनित मेड़े विशेषों ने हाल ही में यमुना नदी में आई बाढ़ से हथनीकृंड बैराज के डाउन स्ट्रीम को पहंचे नुकसान की वजह जानी सरकार ने हथनीकृंड बैराज के नजदीक डाउन स्ट्रीम में मरम्मत के लिए आठ करोड़ रूपये की राशि मंजूर की थीलेकिन बरसात के सीजन तक मरम्मत के सभी काम नहीं हो सके थे यमुना में आई बाढ़ से किए गए काम भी क्षतिग्रस्त हो गए थे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राईविंग लाईसेंस पंजीकरण प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रानिक फोर्म में प्रस्तुत की गई परिवहन संबंधी अन्य जानकारी की स्वीकृति के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रकिया एसओपी जारी की है संशोधित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कापी ले जाना अब आवश्यक नहीं है उन्हें अब इलेक्ट्रानिक फोर्म में ले जाया जा सकता है हालांकि यह आवश्यक है कि ये दस्तावेज डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप पर उपलब्ध हों जिन्हें मुल दस्तावेजों के साथ कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार लोग इने ऐप्स के माध्यम से ड्राईविंग लाईसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने केन्द्र और बीजेपी शासितों राज्यों के बीच यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए बढे हए जुर्माने के मुद्दे पर किसी भी प्रकार के मतभेद से इंकार किया है मुम्बई में एक मीडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने दकहा कि राज्य सरकारें अधिनियम में निर्घारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच जुर्माना लगा सकती है उन्होंने स्पष्ट किया कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत ज्यादा जुर्माना लगाने का उददेश्य लोगों की जान बचाना है न कि राजस्व जुटाना है उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस निर्णय का समर्थन किया है